केंद्रीय दल के सदस्य उन जिलों में जायेंगे जहां कोविड संक्रमण के अधिक मामले सामने आये हैं ये दल संक्रमण को रोकने निगरानी नमूनों की जांच तथा संक्रमण से ग्रस्त लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग करेगा केन्द्रीय दल के सदस्य संक्रमण से उबर चुके लोगों की देखभाल और उससे ज़्डे एहतियात के बारे में भी सुझाव देंगे मंत्रिमंडल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित होगी समझा जाता है कि कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों पर रोकथाम के लिए सरकार कुछ कड़े निर्णय ले सकती है

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं जबकि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और चंबा जिला की उंची चोटियों पर रूक रूक कर हल्का हिमपात हो रहा है बर्फबारी से लाहौल घाटी में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है और सड़कों पर फिसलन के चलते वाहनों को चलाना मुश्किल हो गया है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नडडा के बयान को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है हर दिन की मिलती है मुझे रिपोर्ट केंद्रीय विश्वविद्यालय मामले में अब सब सामान्य दिव्य हिमाचल के शब्द हैं पंजाब में अब अकेले लड़ेगी भाजपा हिमाचल दस्तक ने लिखा है बंगाल की ममता सरकार बौखलाहट में आपका फैसला की सुर्खी है पश्चिम बंगाल में भाजपा सुशासन के साथ प्रशस्त करेगी विकास की डगर पंजाब केसरी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है हिमाचल में फिर से संपूर्ण लॉकडाउन नहीं बंदिशें संमव अमर उजाला की सुर्खी है अनिल साथ चलते तो बात कुछ और होती आपका फैसला के शब्द हैं शहरों का विकास और बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित कर रही सरकार हिमाचल दस्तक का कहना है हिमाचल में फिर लगेंगी बंदिशें रैलियों जनमंच पर फैसला आज

दिव्य हिमाचल ने खबर दी है कैबिनेट में आज सरकार की अग्निपरीक्षा अमर उजाला के अनुसार कैबिनेट बैठक आज कोरोना रोकने को लगेंगी नई बंदिशें